उज्जवला योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से गरीबों वंचितों दलितों और आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार आया है उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण में केन्द्रीय भूमिका निभा रही है योजना के लाभार्थियों के साथ आज नमो एप के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दो हजार चौदह तक तैरह करोड़ परिवारों के पास रसोई गैस कनेक्शन थे वहीं पिछले चार साल में दस करोड़ नये कनेक्शन दिये गये हैं जिससे गरीबों को फायदा पहुंचा है श्री मोदी ने कहा कि उज्जवला योजना और सुरक्षा उपायों के बारे में देशभर में एलपीजी पंचायत आयोजित की जा रही है

इसी कम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फरवरी दो हजार पन्द्रह में शुरू की गई थी इस योजना के तहत उत्पादकता बढ़ाने के उद्वेश्य से किसानों की मदद करने के लिये कृषि भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों के बारे में फसलवार उपाय सुझाये जाते हैं दो हजार बाईस तक किसानों की आय दौगुनी करने में यह योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी विजय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे आज भोपाल में विजय संकल्प सम्मेलनों की शुरूआत करते हुए संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की सकियता बड़ाई जायेगी हर बूथ पर महिलाओं की तैनाती की जायेगी यह महिला कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी उन्होंने बताया कि पार्टी में करीब तीन करोड़ से अधिक महिला सदस्य हैं बिजली योजना प्रदेश में बिजली की बचत और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिये लागू उजाला योजना में अबतक नौ वाट के एक करोड़ उन्नहतर लाख एलईडी वल्बों का वितरण किया जा चुका है ऊर्जा मंत्री नारायण सिंह कृश्वाह ने आज भोपाल में बताया कि मासिक वितरण के आधार पर मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है एलईडी वल्ब के उपयोग से बिजली खपत में करीब इक्कीस लाख पिन्व्यानवे मिलयन वाट में कमी आई है उपभोक्ताओं के बिल में भी सालाना बाईस सौ करोड़ की कमी आई है साथ ही इसके उपयोग से हरवर्ष करीब सत्रह दशमलव सात सात लाख टन कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है कौशल पंचायत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर कौशल और रोजगार पंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिलों में रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं झाबुआ में कल मेला संपन्न हो गया

इसके अलावा प्रदेश अन्य जिलों में जून महीने में रोजगार मेलों को आयोजन किया जायेगा

हायर सेकण्डरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा तीन जुलाई को प्रातः नौ से दोपहर बारह बजे तक आयोजित की जायेंगी जबकि हाईस्कूल पूरक परीक्षा विषयवार अलग अलग दिवसों में चार जुलाई से प्रारंभ होंगी प्रायोगिक विषय में पूरक पात्र छात्रों की परीक्षा उसी दिन सुबह सैद्वांतिक प्रश्नपत्र संपन्न होने के बाद अपरान्ह केन्द्राध्यक्षों द्वारा संपादित की जायेगी तिथि एवं समय में विशेष परिस्थिति में मंडल आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा पूरक के पात्र उन्हीं छात्रों को प्रवेशपत्र जारी किया जायेगा जिन्होंने ने नियत तिथि के पूर्व परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो

श्री शुक्ल ने आज भोपाल में मध्यभारत के सबसे बड़े प्रायवेट स्टार्टर इन्क्यूवेशन एण्ड कॉ वर्किंग स्पेस की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की और से प्रदेश में उद्योगों के लिये सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है इस अवसर पर माय स्किल के कार्यपालक निदेशक स्वप्निल त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद थे वर्चुअल क्लास प्रदेश में दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से वर्चुअल कक्षाएं की अभिनव योजना शुरू की गई है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीक से विषय को सरलता से समझाने के लिये अबतक एक हजार से अधिक वर्चुअल कक्षाओं का प्रसारण किया जा चुका है योजना में प्रदेश के योग्य प्राध्यापकों द्वारा सीधे कक्षाएं ली जाती हैं साथ ही उनका सीधा प्रसार सुद्र अंचल के महाविद्यालयों में किया जाता है इन कक्षाओं में विद्यार्थी प्राध्यापक से सीधे प्रश्न पूछ सकता है तथ सम्बन्धित प्राध्यापक को तत्काल निराकरण करना होता है शिक्षण निर्देश लोक शिक्षण आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अबतक मान्यता का ऑन लाइन नवीनीकरण नहीं करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाये निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन संस्थाओं ने वर्ष दो हजार पन्द्रह सौलह से अब तक मान्यता के नवीनीकरण का आवेदन नहीं दिया है और वे स्कूल का संचालन कर रहे हैं एसे स्कूलों की सूची प्रदर्शित करें मौसम राजस्थान की और से आ रही गर्म हवाओं के कारण पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है

वहीं प्रदेश का सबसे गर्म शहर खजुराहो रहा

शाजापुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार बढते तापमान के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है दौपहर में झुलसाने वाली गर्मी के साथ लू भी चल रही है

वहीं मालवा निमाड़ महाकौशल विंध्य ग्वालियर चम्बल और बुन्देलखण्ड में भी तेज गर्मी पड़ रही है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी एक दो दिन मौसम के ऐसे ही रहने की सम्भावना है हालांकि पिछले चौबीस घण्टों के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई इस बीच मौसम विभाग ने कल मानसून के केरल पहुंचने की संभावना व्यक्त की है